दंतेवाड़ा में एक लाख रूपये के इनामी सहित बारह माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

संसद के केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को ऐतिहासिक कानून बताया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 श्री कोविंद ने कहा कि भारत की जनता ने सरकार को नये भारत के निर्माण का जनादेश दिया है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 राष्ट्रपति ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा कि उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि वे सबसे पहले देश के नागरिक हैं और उसके बाद किसी विशेष विचारधारा के नेता या समर्थक उल्लेखनीय है कि संसद में कल केन्द्रीय बजट पेश होगा

सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर छह से साढ़े छह प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर पांच प्रतिशत रहने की बात कही गई है इसमें विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने का भी जिक्र है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया इसमें देश में व्यापार के लिए वातावरण को सरल बनाने और अधिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है सर्वेक्षण में देश की अर्थव्यवस्था को पचास खरब अमरीकी डॉलर का बनाने के लिए व्यापार के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने और देश के बाजार को मजबूत करने का भी उल्लेख है छग विस बजट सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आगामी चौबीस फरवरी से शुरू होगा एक अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल बाईस बैठकें होंगी इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है बजट सत्र में वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कामकाज भी संपादित किए जाएंगे बजट सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए वार्षिक बजट पेश किया जाएगा इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से कुछ संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले गए अब तक मिले प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार औसत रूप से पचहत्तर प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है माओवाद प्रभावित बस्तर जिले के दो विकासखंडों में लगभग सत्तर प्रतिशत मतदान होने की खबर है मतदान खत्म होने के कुछ देर बाद मतपत्रों की गिनती शुरू कर दी गई देर रात तक सभी निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम घोषित होने की संभावना है इसके साथ ही चुनाव लड़ रहे बासठ हजार से अधिक उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा आज दूसरे चरण के चुनाव में तेईस हजार तेरह पदों के लिए वोट डाले गए इनमें पंच के उन्नीस हजार आठ सौ सत्तर सरपंच के दो हजार तीन सौ छियानवे जनपद सदस्य के छह सौ अंठावन और जिला पंचायत सदस्य के नवासी पद शामिल हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के नाम और प्रतीक चिन्ह अलग होने के कारण राजनांदगांव जिले के छुरिया जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक नौ का चुनाव रद्द कर दिया है इस क्षेत्र में अब तीन फरवरी को मतदान होगा वहीं बीजापुर जिले के पुजारी कांकेर के मतदान केन्द्र क्रमांक तीन में तैनात एक मतदानकर्मी की मौत हो गई उसके बाद वहां अन्य मतदानकर्मी की ड्यूटी लगाकर मतदान कराया गया इसी जिले में उल्लूर मतदान केन्द्र क्रमांक छब्बीस में मतगणना के पहले मतपेटी को सील किए जाने को लेकर तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी बाद में प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहंचे तब जाकर मामला शांत हुआ गौरतलब है कि दूसरे चरण के चुनाव में पंद्रह हजार एक सौ सैंतालीस पदों पर पंचायत प्रतिनिधियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है पंचायत चुनाव के तहत तीसरे और अंतिम चरण के लिए तीन फरवरी को मतदान होगा पेंशनधारी जीवन प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार ने बैंकों को पेंशनधारकों के वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र उनके घर से ही एकत्र करने का निर्देश दिया है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 इस सेवा के लिए साठ रुपए शुल्क लिया जाएगा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 संबंधित बैंकों को पेंशनधारकों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की याद दिलाते हुए प्रत्येक वर्ष चौबीस अक्टूबर एक नवम्बर पंद्रह नवम्बर और पच्चीस नवम्बर को एसएमएस या ईमेल भेजने का निर्देश दिया गया है राज्यपाल महिला आयोग राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि महिला सुरक्षा के लिए कानून को मजबूत बनाने के साथ ही बच्चों को नैतिक शिक्षा भी दिए जाने की जरूरत है सुश्री उइके ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सत्ताईसवें स्थापना दिवस पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही राज्यपाल ने महिला सुरक्षा के लिए तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया कोरोना वायरस चीन के वुहान में कोरोना वायरस संक्रमण के बाद वहां से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए एयर इंडिया का विशेष विमान आज दिल्ली से बुहान रवाना हो गया है भारतीयों को लाने के लिए वहां जा रहा सोलह सदस्यों का दल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार विशेष चिकित्सा किट मास्क और अन्य आवश्यक उपकरणों से लैस है दल के सदस्य वुहान में विमान से नहीं उतरेंगे चीन से केवल उन्हीं लोगों को लाया जाएगा जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं होंगे इस पहली उड़ान में लगभग तीन सौ पच्चीस भारतीयों को वहां से लाया जाएगा इस बीच चीन में कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या दो सौ तेरह हो गई है चीन में करीब नौ हजार सात सौ व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हैं जबकि उन्नीस अन्य देशों में सौ से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को लेकर अंतरराष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की है

इनमें से एक माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था इन माओवादियों ने कटेकल्याण थाना क्षेत्र के सूरनर मतदान केन्द्र पहुंचकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के समक्ष समर्पण किया आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को दस दस हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी गई वहीं इसी जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र में माओवादियों ने सुरनार धनिकारका मार्ग पर विस्फोट किया हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है सुरक्षा बलों ने मौके से बैनर पोस्टर बरामद किए हैं बैंक हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के देशव्यापी आव्हान पर बैंक कर्मचारियों ने बैंकिंग कार्य दिवस पांच दिन करने सहित बारह सूत्रीय मांगों को लेकर आज से दो दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है राजधानी रायपुर रायगढ़ और धमतरी सहित विभिन्न जिला मुख्यालयों में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे इस वजह से बैंकों में कामकाम प्रभावित हुआ स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षण राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में एक हजार शिक्षकों को स्पोकन इंग्लिश का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा वहीं आगामी शिक्षा सत्र से कक्षा पहली से बारहवीं तक जिला मुख्यालय सुकमा में इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन होगा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने सुकमा में विभागीय काम काज की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी उन्होंने प्राथमिक शाला पावारास ईजीएल क्लास का अवलोकन किया और बच्चों से चर्चा की उन्होंने कहा कि स्कूलों में संकुल स्तर पर बच्चों के पठन पाठन का मूल्यांकन माताएं करेंगी संकुल विकासखण्ड और जिला स्तर पर स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा पुलिस खेल ब्रांड एम्बेस्डर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी और अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित सबा अंजुम को छत्तीसगढ़ पुलिस का ब्रांड एम्बेस्डर बनाया गया है पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने आज पुलिस मुख्यालय में खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान यह घोषणा की श्री अवस्थी ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रतिबद्व है और पुलिस भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर बालोद जिले में कांग्रेसजनों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की राज्य शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फरवरी और मार्च महीने के चावल का आवंटन एकमुश्त जारी किया है राज्य स्तरीय विज्ञान पहेली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं यह परीक्षा उनतीस दिसम्बर को आयोजित की गई थी रायगढ़ जिले के कटघोरा वनमंडल क्षेत्र के केंदई वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परला में हाथियों के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई अटहत्तरवीं अखिल भारतीय महंत राजा सर्वेश्वर दास हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन राजनांदगांव में